कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के इस आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें इधर छत्तीसगढ़ के उद्योग संचालक ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में कार्यरत् सभी औद्योगिक इकाइयों और संगठनों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किए जाने की अपील की है उद्योग संचालक ने औद्योगिक इकाइयों के अध्यक्षों को पत्र भेजकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों का भी पात्रता के अनुसार टीकाकरण करवाए जाने का आग्रह किया है इस बीच दूर्ग जिला कलेक्टर ने भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत् पैंतालीस वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड टीका लगाए जाने के निर्देश दिए हैं संयंत्र परिसर में जिला प्रशासन द्वारा छह टीकाकरण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं टीकाकरण अपील राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष और धर्मगुरू महंत रामसुंदर दास ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और सभी पात्र लोगों को इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवाना चाहिए

इस बीच छत्तीसगढ़ में चार अप्रैल तक की स्थिति में कोरोना वैक्सीन की तीस लाख ग्यारह हजार डोज दी जा चुकी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु समूह के इक्कीस लाख तेईस हजार से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर ने कहा है कि लोगों के मन में यह भ्रांति है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वे पूरी तरह सुरक्षित है लेकिन यूनिसेफ के साथ अन्य विशेषज्ञ भी लगातार यह जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लोगों को संक्रमित होने के बाद ही गंभीर स्थिति से बचाता है यह संक्रमण से नहीं बचाता है डॉक्टर श्रीधर ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना नियमित तौर पर हाथ धोना और दूसरों से दो गज की सुरक्षित दूरी रखना बेहद जरूरी है इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा कर रहे हैं इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हो रहे हैं कोरोना समाचार राज्य में कल कोरोना संक्रमण के सात हजार तीन सौ से अधिक नये मामले सामने आए करीब पांच महीने बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में इतनी अधिक वृद्धि देखी गई है राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चवालीस हजार से अधिक हो गई है राजधानी रायपुर में कल सत्रह सौ से अधिक नये मरीज मिले हैं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से अड़तीस लोगों की मृत्यु भी हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से गरियाबंद जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता राठौर का आज सुबह निधन हो गया सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था हाल ही में सुश्री राठौर चुनाव प्रचार के बाद असम से लौटी थीं इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से देश के दूसरे राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की तुलना करने पर यहां संक्रमण का स्तर ज्यादा है डॉक्टर सिंह ने मरीजों को अस्पतालों में इलाज सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाया उन्होंने सरकार से मांग की कि गरीबों का ध्यान रखते हुए अस्पतालों में कोरोना का मुफ्त इलाज होना चाहिए

ये दल महाराष्ट्र के तीस जिलों छत्तीसगढ़ के ग्यारह जिलों और पंजाब के नौ जिलों में भेजे जा रहे हैं जहां ये लोग कोविड की निगरानी नियंत्रण और रोकथाम संबंधी उपायों के बारे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे इस बीच कोविड रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरु किया जा रहा है इसमें शत प्रतिशत मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों की साफ सफाई तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है

लॉकडाउन अवधि में दुर्ग शहर के सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान चौदह अप्रैल तक बंद रहेंगे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है दुर्ग में पड़ोसी जिलों से आने वाले लोगों को आपातकालीन स्थिति में ही ई पास के जरिये जिले में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिले में आज से ई कॉमर्स की सेवाएं भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं उधर बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में दुकान होटल और रेस्टॉरेंट के खुलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया है बिलासपुर में अब सुबह छह बजे से शाम सात बजे तक ही सभी अस्थायी और स्थायी ठेले गुमटी मॉल तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले जा सकेंगे वहीं रेस्टॉरेंट होटल बार और ढाबों में बैठकर खाने तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात नौ बजे तक रहेगी पेट्रोल पम्प और दवा दुकानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

होटल और रेस्टॉरेंट रात आठ बजे तक खुले रहेंगे चाय और नाश्ता ठेलों में खानपान पर रोक लगा दी गई है उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहित रायपुर दुर्ग और बिलासपुर के जिला सत्र न्यायालयों में कल से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी इस दौरान हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था की गई है जबकि जिला सत्र न्यायालयों में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर दो बजे तक ही जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है शहीद जवान आर्थिक सहायता बीजापुर जिले के तर्रेम क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों के परिजनों को न्यूनतम अस्सी लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ छत्तीसगढ़ के प्रांत संघचालक डॉक्टर पूर्णेन्द् सक्सेना ने मुठभेड़ में हुई जवानों की शहादत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि जवानों का यह बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता उन्होंने इस माओवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम सात बजे परीक्षा पे चर्चा के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे यह इस कार्यक्रम का पहला संस्करण होगा जो कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुझाव देंगे इस कार्यक्रम की वजह से कल सात अप्रैल को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से प्रसारित होने वाले हिन्दी समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया गया है कल प्रादेशिक हिन्दी समाचार बुलेटिन शाम सात बजकर पांच मिनट के बजाय छह बजकर पैंतालीस मिनट पर प्रसारित होगा भाजपा स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के इकतालीसवें स्थापना दिवस पर देशभर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी न केवल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी पूर्ति करती है इधर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आव्हान किया कि वे लोगों को कोविड का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें प्रभार वापसी पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से दिया गया मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है श्री चतुर्वेदी को यह अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक कुमार लाल चौहान के निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाए जाने के कारण सौंपा गया था अस्थायी प्रभार का यह आदेश बीते तीस मार्च को जारी किया गया था जिसे आज वापस ले लिया गया राज्यपाल हेमचंद विवि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकर्ट नहीं होता है केवल कड़ी मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है यह बात उन्होंने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा ऑनलाइन आयोजित स्वर्ण पदक वितरण और सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन विद्यार्थियों ने पदक नहीं हासिल किए हैं वे भी निराश न हों भविष्य में कठोर परिश्रम करें तो सफलता निश्चित है कार्यक्रम में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलगीत का भी विमोचन किया संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए तेरह करोड़ पचास लाख मानव दिवस का लेबर बजट स्वीकृत किया है भक्त माता कर्मा जयंती के मौके पर कल प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी हैं दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है इसके पास से दो किलो को आईईडी भी बरामद किया गया है